प्रदेश के विभिन्न जिलों में फिट इंडिया अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं हमारे समस्तीपूर संवाददाता ने बताया कि जिले के जगत सिंह उच्च विद्यालय में स्कूली बच्चों ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया फिट इंडिया कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा

राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भागों में पिछले चौबीस घंटे के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हुई है